और प्रदेशभर में लगातर तापमान में आ रही गिरावट

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में बैठक होगी यह सत्र सत्ताईस नवम्बर तक चलेगा आज और कल नव निर्वाचित सभी दो सौ तैंतालीस सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी शपथ दिलायेंगे वे पहली शपथ उप मुख्यमंत्री और कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद को दिलायेंगे इसके बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी शपथ लेंगी फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों को वरीयता के अनुसार शपथ दिलायी जायेगी मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद विधायकों को विधानसभा क्षेत्र संख्या के क्रमानुसार शपथ दिलायी जायेगी पच्चीस तारीख को विधानसभा के नये अध्यक्ष का चूनाव किया जायेगा जबकि छब्बीस नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे सत्ताईस नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होगी नवनिर्वाचित सदस्य हिन्दी अंग्रेजी मैथिली उर्दू और संस्कृत में से किसी एक भाषा में शपथ ले सकते हैं गौरतलब है कि विधानसभा चूनाव में पचहत्तर सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चौहत्तर जनता दल यूनाईटेड ने तैंतालीस कांग्रेस ने उन्नीस और सीपीआई एम एल ने बारह सीटों पर जीत दर्ज की है चूनाव में एआईएमआईएम को पांच विकासशील इंसान पार्टी और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा को चार चार सीपीआई और सीपीएम को दो दो जबकि लोक जनशक्ति पार्टी बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय को एक एक सीट मिली है इस बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि यह स्वागत सत्र है नये जनादेश के पहले सत्र के सफल संचालन में सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस को लेकर सभी एहतियात बरते जा रहे हैं इधर राजद के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेन्द्र ने कहा कि विपक्ष सरकार को सदन के बाहर और भीतर हर मोर्चो पर घेरेगा उन्होंने कहा कि विपक्ष जन सरोकार के मुद्दों को प्रमुखता से उठायेगा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने सत्र को लेकर विधानसभा और विधान परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने कोरोना को देखते हुये कोविड सुरक्षा मानकों का पालन करने और विधानमंडल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने का निर्देश दिया है विधानसभा सचिव आरके सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये सभी विधायकों की कोविड उन्नीस की जांच की जायेगी इसके साथ ही विधानसभा और विधान परिषद सचिवालयों के सभी कर्मचारियों की भी कोविड जांच की जा रही है इधर विधानसभा सचिवालय की ओर से पटना पहुंच रहे विधायकों को सरकारी अतिथि गृह के अलावा होटलों में भी ठहराने का इंतजाम किया गया है कुछ विधायकों ने ठहरने की अपनी निजी व्यवस्था की है भाजपा विधानमंडल दल की बैठक कल पटना में होगी इसमें नवनिर्वाचित विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे बैठक की अध्यक्षता विधानमंडल दल के नेता और उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे बैठक में पार्टी के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के संक्रमण को देखते हुये अभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय खोलने की जल्दबाजी में नहीं है श्री चौधरी ने कहा कि सरकार बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती है उन्होंने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खुले हुये हैं और उनमें कोविड गाईड लाईन का पालन करते हुये कक्षा लगायी जा रही है राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव दो दो प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख चौबीस हजार दो सौ इक्कीस मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि वर्तमान में प्रदेश में पांच हजार एक सौ नवासी सक्रिय कोविड मरीज हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के तीन सौ पचासी नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक संतानवे नये मामलों की प्रष्टि पटना जिले में हुई है राज्य में इस वैश्विक महामारी से अब तक एक हजार दो सौ इक्कीस लोगों की मौत हो चुकी है

ये तीनों को हमें करना चाहिए मुख्य सचिव दीपक कुमार आज कोरोना की रोकथाम और पब्लिक डिलिवरी असिस्टेंट सिस्टम में सुधार के उपायों को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में कोरोना के फैलाव को रोकने के उपायों पर चर्चा होगी बैठक में पब्लिक डिलिवरी असिस्टेंट सिस्टम के तहत राशन कार्ड जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के सुगम तौर तरीकों की चर्चा होगी केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने जा रहा है आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा के जैसा निर्यात आधार बढ़ाना चाहता है पवन ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यातक भी है पीएम कुसुम योजना को दूसरी हरित क्रांति करार देते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा किसानों को सौर पम्प लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी वे अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन संयत्र लगा सकेंगे उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों की जल निकासी की व्यवस्था को सुद्रढ़ किया जायेगा श्री प्रसाद ने कहा कि परंपरागत नालों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा

न्यूनतम तथा उच्चतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है इधर तेज रफ्तार से बह रही उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं के कारण कनकनी भी बढ़ गयी है गया में पिछले पांच साल का रिकॉर्ड ट्रट गया कल यहां न्यूनतम तापमान आठ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है इसके साथ ही गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं पटना में भी नवम्बर महीने का तीन साल पुराना रिकॉर्ड ट्रट गया पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है इसके प्रभाव से ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है इसका सीधा असर ठंड में वृद्धि के तौर पर दिख रहा है विभाग के अनुसार इस वर्ष दिसम्बर के पहले सप्ताह से ही पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की सम्भावना है बिहार लोक सेवा आयोग की पैंसठवीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा पच्चीस नवम्बर से होगी आयोग ने प्रवेश पत्र वेबसाईट पर अपलोड कर दिये हैं बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्ष नियंत्रक अमरेन्द्र क्मार ने कहा कि परीक्षा तीन दिनों तक चलेगी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ अपनी पहचान के लिए पैन कार्ड आधार कार्ड डीएल या वोटर आईडी लेकर आना होगा पहचान पत्र दिखाने के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के बारहवीं के छात्रों को सैद्वांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग पास करना अनिवार्य होगा सैद्धांतिक परीक्षा में छात्रों को कम से कम तैंतीस फीसदी अंक लाने होंगे वहीं प्रायोगिक परीक्षा में भी पास करने के लिए तैंतीस फीसदी अंक चाहिए इधर दसवीं में इस बार भी सैद्वांतिक और आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर ही उत्तीर्णता रखी गयी है यानी छात्रों को सैद्वांतिक और आंतरिक मूल्यांकन मिलाकर तैंतीस फीसदी अंक लाने होंगे तभी वह पास कर पायेंगे बोर्ड ने दसवीं के सभी विषय में आंतरिक मूल्यांकन बीस अंकों का कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं राजधानी पटना के दीघा एम्स एलिवेटेड रोड की दोनों लेन तीस नवम्बर से चालू हो जायेगी बिहार राज्य पथ विकास निगम के अधिकारियों ने यह जानकारी दी इधर आर ब्लॉक दीघा रोड पन्द्रह जनवरी तक चालू हो जायेगा इन दोनों सड़कों के चालू होने से राजधानीवासियों को जाम से राहत मिलेगी लोक आस्था का महापर्व छठ सम्पन्न होने के बाद लोग अपने काम काज पर लौटने लगे हैं इस कारण पटना समेत राज्य के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है इसको देखते हुये रेलवे प्रशासन ने स्टेशन और आस पास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है नशाखुरानी गिरोह से बचने के लिए यात्रियों को सचेत किया जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे ने पटना और राज्य के अन्य प्रमुख स्टेशनों से दूसरे राज्यों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है इधर बस अड्डों पर भी यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुये प्रशासन ने सुरक्षा पुख्ता इंजतजान किये हैं नरकटियागंज की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा से पच्चीस लाख रूपये रंगदारी मांगने के आरोपी मुन्ना खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति अपराधी प्रवृति का है सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में तेजाब के हमले में बीस लोग घायल हो गये पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं जिले के मकेर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हुयी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है

डीजी ट्रेनिंग आलोक राज ने बताया कि किसी कारणवश जिन सिपाहियों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया है उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जायेगा अगले साल मार्च महीने तक ट्रेनिंग पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सभी समाचार पत्रों ने आज से सत्रहवीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरूआत से जुड़ी खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है इसके साथ ही विधान परिर्षद् के आठ सदस्यों के शपथ ग्रहण को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने सत्र से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है सत्रहवीं विधानसभा का पहला सत्र आज से इसी अखबर ने गया में पुलिस मुठभेड़ से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है गया में इनामी सहित दो नक्सली ढेर दो ग्रामीण भी मारे गये दैनिक जागरण ने उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है शहरी इलाकों में जल जमाव स्वीकार नहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है दीघा एम्स एलिवेटेड रोड की दोनों लेन तीस नवम्बर तक होगी चाल बिहटा की तरफ जाने वाली गाड़ियां पटना के जाम से बचेंगी प्रभात खबर ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है कांग्रेस धारा तीन सौ सत्तर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे दैनिक आज की सुर्खी है राज्यसभा चुनाव में लोजपा का प्रत्याशी रहा तो जदयू का समर्थन से रहेगा परहेज और अब अंत में मुख्य समाचार नवगठित सत्रहवीं विधानसभा का पहला सत्र आज से हो रहा है शुरू

और प्रदेशभर में लगातर तापमान में आ रही गिरावट